अब समाचार विस्तार से वर्चुअल क्लास उत्तराखण्ड स्कूली शिक्षा में वर्चुअल क्लासरूम प्रोजेक्ट शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है

कार्यक्रम के दौरान ये सभी विद्यालय ऑनलाईन थे

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में तकनीक के माध्यम से शिक्षा में सुधार किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्चुअल क्लास शुरू होने से जहां किसी विषय विशेष के अध्यापक नहीं हैं वहां वर्चुअल क्लास के माध्यम से उस विषय की पढ़ाई कराई जाएगी

उन्होंने कहा कि वर्चुअल क्लास का उपयोग एकेडमिक पढ़ाई के साथ ही कैरियर परामर्श प्रतियोगिताओं की तैयारी साक्षरता और मोटिवेशन क्लास में करने की सम्भावना देखी जाएगी उन्होंने विद्यालयी शिक्षा सचिव को इसके निर्देश दिये

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वर्चुअल क्लास से जुड़े विभिन्न विद्यालयों के बच्चों से संवाद भी किया मुख्य सचिव बैठक मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा निवेश का वातावरण बनाने के लिए पर्यटन कृषि दुग्ध वैकल्पिक ऊर्जा आदि में नई नीतियां लाई गई हैं देहरादून में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सिंगापुर हांगकांग मलेशिया देश के बड़े उद्योगों के प्रतिनिधिमण्डल और शासन की सचिवों की बैठक हई प्रतिनिधिमण्डल में ऑर्गेनिक और कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग डेयरी लॉजिस्टिक ऐग्रो प्रोसेसिंग होम स्टे आदि क्षेत्र के विश्वस्तरीय निवेशक शामिल थे मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले दो वर्षो में निवेश का वातावरण बनाने का प्रयास किया है जिसमें विभिन्न देशों और राज्यों में राज्य में उद्योग स्थापना के लिए जानकारी दी गई बैठक में सचिव कृषि दुग्ध एवं मत्स्य पालन विभाग मीनाक्षी सुन्दरम ने ऐग्रो प्रोसेसिंग कान्ट्रेक्ट फार्मिंग पर प्रदेश के परिपेक्ष्य में विस्तार से प्रकाश डाला सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर ने राज्य में संचालित होमस्टे योजना पर विस्तार से जानकारी दी राफेल पर सियासत भाजपा ने राफेल के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहल गांधी के झुठ के खिलाफ देहरादून में प्रदर्शन किया भाजपा महानगर अध्यक्ष विनय गोयल का कहना है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ झूठा प्रचार किया है विनय गोयल ने कहा है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री से माफी मांगनी चाहिए बागेश्वर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्ती लेकर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया कार्यकर्ताओं ने राहल गांधी से देश से माफी मांगने की मांग की वहीं कांग्रेस ने भी भाजपा पर पलटवार किया है

विधानसभा अध्यक्ष गोवा के विधानसभा अध्यक्ष राजेश पाटनेकर और गोवा के पूर्व विधायकों की कमेटी के सदस्यों ने देहरादून में प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल से शिष्टाचार भेंट की मुलाकात के दौरान दोनों अध्यक्षों ने अपनी अपनी विधानसभा में विधायी कार्यो पर बातचीत की गोवा के विधानसभा अध्यक्ष ने उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति और धार्मिक स्थलों के बारे में भी जानकारी हासिल की साथ ही विधानसभा सदन का मुआयना किया हाईकोर्ट ऑन स्लॉटर हाउस प्रदेश में नियमानुसार स्लॉटर हाउस नहीं बनाने के मामले में आज नगर आयुक्त हल्द्वानी नैनीताल हाईकोर्ट में पेश हुए

आपको बता दें कि कोर्ट ने प्रदेश में अवैध रूप से संचालित स्लॉटर हाउसों और वहां बिक रहे मीट की जांच करने के आदेश सभी जिलाधिकारियों को दिए थे साथ ही उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा था लेकिन अभी तक रिपोर्ट पेश नहीं करने पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की

उन्होंने प्रतियोगिता का व्यापक प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश दिये ताकि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी इसमें प्रतिभाग करें

इस अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने मीडिया के द्रूपयोग पर चिंता प्रकट की उन्होंने कहा कि आजकल व्यापारिक समूह और राजनीतिक दल भी अपने समाचार पत्र और चैनल शुरू कर रहे हैं इनके माध्यम से वह अपने निहित स्वार्थों को और पत्रकारिता के सिद्धांतों के साथ समझौता कर रही हैं श्री नायड् ने कहा कि समाचारों को सनसनीखेज बनाना समाचारों का पक्षपात पूर्ण कवरेज और पेड न्यूज आज मीडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है इस अवसर पर सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि फेक न्यूज पेड न्यूज से भी ज्यादा खतरनाक है और इससे कुशलतापूर्वक निपटने की जरूरत है उन्होंने कहा कि प्रेस की आजादी सशक्त् लोकतंत्र के लिए आवश्यक है और सरकार प्रेस की पूरी स्वतंत्रता सुनिश्चित कर रही है उन्होंने कहा कि मीडिया को आलोचना का अधिकार है लेकिन इसे फेक न्यूज और झुठी और भ्रामक खबरें देने से बचना चाहिए श्री जावडेकर ने कहा कि मीडिया को जवाबदेह बनाए जाने की जरूरत है

इस अवसर पर हरिद्वार में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि तथ्यात्मक रिपोर्टिंग पत्रकारिता के लिए बेहद जरूरी है खबर लिखते वक्त घटना के तथ्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और किसी भी घटना को प्रस्तुत करने में भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए गोष्ठी में कहा गाय कि आज पत्रकारिता में बाजार भाव हावी हो गया है उधर बागेश्वर में भी रिपोर्टिंग व्याख्या एक यात्रा विषय पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई इस मौके पर प्रभारी जिलाधिकारी राहल गोयल ने कहा कि मीडिया को समाज का दर्पण और दीपक दोनों माना जाता है मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ है जिसे निष्पक्ष स्वतंत्र और पारदर्शिता से समाज में घटित घटना को प्रकाशित करना है बागेश्वर के उपजिलाधिकारी राकेश चंद्र तिवारी ने कहा कि सामाजिक सरोकरों और सार्यजनिक हित से पत्रकारिता बनती है अल्मोड़ा में भी गोष्ठी का आयोजन किया गया गौचर मेला चमोली जिले में लगे गौचर मेले में दिन ब दिन रौनक बढ़ती जा रही है खासकर सांस्कृतिक संध्या में होने वाले कार्यक्रम लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं मेले की दूसरी सांस्कृतिक संध्या प्रसिद्व जादूगर हसन रिजवी ने अपने जादू से लोगों की खूब वाहवाही बटोरी इसके अलावा भारतीय लोकनृत्य की अमिट छाप भी देखने को मिली पंजाबी गिद्वा डांस और गुजराती डांडिया नृत्य ने लोगों का खूब मनोरंजन किया वहीं जिले में मानसिक रोग विशेषज्ञ न होने के कारण मानसिक रोगियों के प्रमाण पत्र बनाने में आ रही समस्याओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने गौचर मेले के दौरान एक विशेष प्राथमिक स्वास्थ्य शिविर लगाने का निर्णय लिया है

शिविर में इन रोगों से ग्रसित व्यक्तियों का परीक्षण कर मौके पर ही दिव्यांग प्रमाण पत्र निगर्त किए जाएंगे ताकि इन बीमारियों से ग्रसित सभी लोगों तक सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके

अगले साल फरवरी में प्रस्तावित टिहरी झील महोत्सव के अयोजन को लेकर जिलाधिकारी डॉ वी षणमुगम की अध्यक्षता में हुई बैठक में महोत्सव में होने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा की गई जिलाधिकारी ने पर्यटन अधिकारी और उपजिलाधिकारी को निर्देश दिये कि महोत्सव में स्थानीय और क्षेत्रीय संस्कृति रिति रिवाजों और खान पान को प्राथमिकता दी जाए बैठक में प्रगतिशील किसानों और कलाकारों को पुरुस्कृत किये जाने के भी सुझाव रखे गए अब संक्षिप्त समाचार रुद्रपुर में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति षदेशा ष्की बैठक सांसद अजय भट्ट की अध्यक्षता में आयोजित की गई

बुजुर्ग तीर्थयात्रियों का दल कल पिरान कलियर पहुंचेगा